वे कल शाम शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राज्यस्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह के समापन अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा हिम तेंदुओं और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे जावडेकर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा जयपुर में कल एक कार्यक्रम में जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल च्रोतों की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है दशहरा कल्लू का अन्तर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कल शाम रघुनाथ जी की भव्य रथयात्रा के साथ शुरू हुआ सप्ताहभर चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज कुल्लवी नाटी से हुआ इसके अलावा रूस और केरल से आए सांस्कृतिक दलों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दीं दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे

तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य देश विदेश की सहकारिता संस्थाओं के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है ताकि देश का कृषि क्षेत्र समृद्ध बन सके

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है देव मानस मिलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू दैनिक जागरण का शीर्षक है रघ्नाथ जी की नगरी में देवमिलन पंजाब केसरी के शब्द हैं भगवान रघ्नाथ जी की भव्य रथयात्रा के साथ कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू दिव्य हिमाचल का कहना है देवभूमि पर उतरा स्वर्ग दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक रथ यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज आपका फैसला के अनुसार राज्यपाल ने किया मेले का श्रीगणेश जबकि दैनिक भास्कर लिखता है रथयात्रा में दो सौ से अधिक देवताओं ने भरी हाजरी बैंक अधिकारियों कर्मचारियों पर शिकंजा छह से पूछताछ शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है करोड़ों रूपए से जुड़े घोटाले की छानबीन में सामने आए कई तथ्य जांच दायरे में कई चेहरे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है धर्मशाला आएंगे मोदी शाह पीयुष और अनुराग दैनिक भास्कर के मुताबिक इन्वेस्टर मीट के लिए दो केन्द्रीय मंत्रालय देंगे दस दस लाख रूपए दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है स्कूली छात्राओं को शौचालय सुविधा देने में हिमाचल नंबर वन केन्द्र ने हिमाचल का तीन सौ किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें बनाने का प्रस्ताव कर दिया खारिज शीर्षक से अमर उजाला लिखता है दिल्ली में बैठक के दौरान हिमाचल को नए सिरे से प्रस्ताव भेजने को कहा भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है एम्स में ओपीडी भवन तैयार दिसंबर से मिलेगी सुविधा दैनिक जागरण के शब्द हैं तय समय से पहले बन जाएगा एम्स अगले सत्र से कक्षाएं अजीत समाचार के अनुसार एम्स तय समय से पहले बन कर हो जाएगा तैयार

नमस्कार